प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरिक्ष दैज्ञानिकों के अथक प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ आना अमी बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के विकास के साथ राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करने की दिशा में कर रही है काम केन्द्रीय मंत्री स्ग्रति ईरानी ने पोषण मिशन अभियान के संबंध में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात रेल अधिकारियों के साथ बैठक कर अमेठी में रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की विशेष र र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंघान संगठन इसरो ने कहा है कि लैंडर से संपर्क टूटने के बावजूद चन्द्रयान दो के पन्वानबे प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुए हैं इसरो से जारी एक बयान में कहा गया है कि चन्द्रयान दो मिशन संगठन के पिछले अमियानों की तुलना में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलबि है जिसमें ऑर्बिटर लैंडर और रोवर को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रव पर एक नये स्थान की खोज में लगाया गया एक बयान में इसरो ने कहा कि आर्बिटर को चन्द्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है यह हमें चन्द्रमा की उत्पति के बारे में और वहां मौजूद खनिजों एवं ध्रवीय क्षेत्रों में जल कणों के सम्बंध में हमारी समझ को और बेहतर करेगा इसरो ने कहा कि आर्बिटर का कैमरा अब तक भेजे गये चन्द्र मिशनों में सबसे हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा है जो चन्द्रमा की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीरें भेजेगा यह न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय के लिए अत्यंत लामकारी होगा इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने दूरदर्शन को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बेंगलुरू के इसरो केन्द्र में दिया गया सम्बोधन वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चन्द्रयान दो के लैंडर विक्रम का भू केन्द्र के साथ संपर्क टूट जाने से हम कमजोर नहीं हुए बल्कि इससे हमारा मनोबल और मजबूत हुआ है प्रघानमंत्री ने लैंडर विक्रम का धरती से सम्पर्क दूटने के कुछ घंटे बाद कल बेंगलुरु में इसरो केन्द्र में राष्ट्र को संबोधित किया फ्र्वानमंत्री ने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास में निराशजनक क्वण आए हैं लेकिन देश कठिन परिस्थितियों से उबरा है और अदमुत कार्य किये हैं आज हमारे रास्ते में मले ही एक आखिरी कदम पर रूकावट आई हो लेकिन इससे हम अपने मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है आज भले ही हम चंन्द्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाये आज चन्द्रमा को घूने की हमारी इच्छा शक्ति चन्द्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शाक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि आनंदित होने के अनेक अवसर आएंगे उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की जब बात आती है तब हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अमी होना है प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की तहे दिल से सराहना की

चन्द्रयान दो के लैंडर विक्रम का चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रव पर उतरने से लगभग एक मिनट पहले ही धरती से सम्पर्क दूट गया था बेंगलूरू में इसरो के नियंत्रण केन्द्र ने बताया है कि लैंडर विक्रम के उतरने की प्रक्रिया चन्द्रना की सतह से दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरी तक सामान्य थी इसके बाद उसका धरती से सम्पर्क दूट गया प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस प्रक्रिया को देखने के लिए इसरो के नियंत्रण केन्द्र में मौजूद थे इसरो के मिशन नियंत्रण केन्द्र की विज्ञप्ति में बताया गया कि लैंडर का भूकेन्द्र से सम्पर्क टूटने के कारणों का पता लगाने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंद्रयान दो में शामिल इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रतिबद्वता की सराहना की है नई दिल्ली में कल एक युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने से कुछ क्षण पहले ही धरती से संपर्क ट्रट जाने के बावजूद हमें एक दिन इस अभियान में सफलता अवश्य मिलेगी मैं आज फिर अपने सभी स्पेस जगत के इसरो के वैज्ञानिकों और इंजिनियरों को आज मैं छिर कहता हूं कि मन में है विस्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक महिला लामार्थी को उज्जवला योजना के अन्तर्गत आठ करोड़वां रसोई गैस कनेक्रान प्रदान किया उन्होंने निर्घारित समय से सात महीने पहले यह लक्ष्य हासिल करने के लिए लामार्थियों को बघाई दी रज्वला योजना के तहत आठ करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने तिया था वो आज इस मंच पर इन लाखों बहनों की हाजरी में सिद्ध हुआ है सिर्फ सिद्ध ही नहीं हुआ बल्कि तय समय से सात महीने पहले ही लक्ष्य को हमने पा लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार देश के विकास के साथ साथ राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कश्मीर में आतंक का पर्याय बन चुकी धारा तीन सौ सत्तर को समाप्त करने का कार्य किया जिससे आने वाले महीनों में देश से आतंकवाद समाप्त हो जायेगा मुख्यमंत्री कल प्रतापगढ़ जिले में करीब दो अरब रूपये की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलबियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिले को चार एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस दी गयी हैं जिससे अभी तक दो लाख लोगों की जान बचायी जा चुकी हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग को पूरा किया है जिसमें अगले साल से पढ़ाई की शुरुआत भी हो जाएगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विमिन्न विमागों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया इससे पहले मुख्यमंत्री श्री योगी ने अन्बेडकर नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले ढाई वर्षो के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है और समाज के समी वर्गो को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है तथा बेरोज़गार युवकों को नौकरियां दी गई हैं

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ज़बिन ईरानी ने भारतीय रेल को देश के विकास की ध्री बताते हए कहा है कि देश के सर्वागीण विकास और भारत के नवनिर्माण में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है श्रीमती ईरानी ने यह बात कल लखनऊ में उत्तर रेलवे के मंडल कार्यालय में रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कही इस दौरान उन्होंने अमेठी संसदीय क्षेत्र में रेलवे द्वारा सम्पादित की जाने वाली विमिन्न योजनाओं की समीक्षा की अमेठी क्षेत्र में इस समय पांच सौ पचास करोड़ रूपये की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है इसमें साठ किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण और यात्री सुविधाओं का संवर्षन भी शामिल है ये सभी काम कई चरणों में पूरे किये जायेंगे इससे पहले श्रीमती ईरानी ने कल सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पोषण मिशन अमियान के बारे में चर्चा की बाद में श्रीमती ईरानी ने एक ट्वीट में कहा कि कूपोषण मुक्त भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी